मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा की गई घोषणाओं को तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए

बातचीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के बाद काफी समय तक सत्ता में रहने के बावजूद गांवों में बिजली न पहुंचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू पी ए सरकार की आलोचना की है वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये आज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न केवल विद्युतीकरण पर ध्यान दे रही है बल्कि पूरे देश में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार कर रही है

प्रधानमंत्री ने टिहरी जिले के गांव के लोगों से वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य किया राज्यपाल डॉ कृष्णकांत पाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना पर दुःख व्यक्त किया है

दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सड़क दर्घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीर्घ स्वास्थ्य लाभ की कामना की है बारिश चमोली जिले के धादर बगड़ में पैदल यात्रियों के लिए बनाए जा रहे पुल के निर्माण के समय एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह गया इस व्यक्ति की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है इस बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है चमोली और उत्तरकाशी जिलों में कई सडकें और पुल क्षतिग्रस्त हो गये हैं

उधर यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए जाने वाले लोग आवाजाही के लिए वैकल्पिक पुलों और पैदल रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं मुलाकात इजरायल के भारत में राजदूत डेनियल कारमोन ने देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात की इस दौरान दोनों के बीच कृषि जल संरक्षण उच्च शिक्षा आदि क्षेत्रों में इजरायल और उत्तराखण्ड में पारस्परिक सहयोग पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और इजरायल एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि कृषि और जल संरक्षण सहित सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधयों में इजरायल की तकनीक व अनुभव का लाभ लिया जा सकता है श्री रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड और इजरायल आपस में सहयोग कर सकते हैं इस दौरान इजरायली राजदूत श्री कारमोन ने कहा कि पिछले चार वर्षों में भारत और इजरायल में संबंध बहत मजबूत हुए हैं उन्होंने कहा कि इजरायल केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के साथ भी सहयोग की सम्भावनाओं पर काम कर रहा है

उन्होंने कहा कि अधिकारी उनके द्वारा की गई घोषणाओं को ही आदेश मानें आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नैनीताल जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यो की समीक्षा करते हए श्री रावत ने कहा कि विकास योजनाओं के संबंध में अधिकारियों की लापरवाही बदार्श्त नहीं की जाएगी जिले में मल्टी स्टोरी पार्किंग की योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए श्री रावत ने इस मामले की जांच थर्ड पार्टी से करवाने के निर्देश दिए

इस धनराशि से पहले चरण में हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा सफाई अभियान को गति दी जाएगी और दूसरे चरण में इसमें राज्य के अन्य शहरों को भी शामिल किया जाएगा इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से मिलने आये जर्मन डेवलपमेंट बैंक के मिशन दल ने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है और दिसंबर में जल संसाधन मंत्रालय और केएफडब्लू के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने की संभावना है

मुख्य सचिव ने केएफडब्लू के मिशन दल को बताया कि राज्य सरकार ने अगले कुंभ से पहले गंगा नदी को स्वच्छ करने का संकल्प लिया है

एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानि एनजीटी ने गंगा में प्रद्षण को लेकर जमीनी स्तर पर लोगों की राय जानने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा है एक आदेश में एनजीटी ने कहा है कि लोग संबंधित अधिकारियों को इस विषय में अपनी राय ई मेल के जरिए भेज सकते हैं एक समाचार एजेंसी के अनुसार न्यायमूर्ति जवाद रहीम और आरएसराठौड़ की सदस्यता वाली खंडपीठ ने कहा कि गंगा के संरक्षण के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है फ्लाईओवर निर्माण देहरादून में विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर के निर्माण से इन दिनों आवाजाही करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पिछले साल से अजबपुर में बनाए जा रहे रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है जिसके चलते आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है वहीं आईएसबीटी में बनाए जा रहे फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है इस फ्लाई ओवर का निर्माण इस साल अक्टूबर तक पूरा किया जाना है उधर मौहकमपुर में बन रहे फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य पिछले लंबे समय से जारी है जिसके चलते लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों का कहना कि इन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि आवाजाही में सुविधा मिल सके संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल में प्रदेश के छात्रों को मिलने वाले भोजन भत्ते की बढ़ी हई धनराशि के भुगतान में हई देरी का संज्ञान लेते हए इस प्रकरण को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा कांवड यात्रा सहित अनेक आयोजन होते हैं ऐसे में रेंज के कार्यालय का उत्तराखण्ड में ही होना सही है